अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है

दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए ब्रेल फोटो वोटर स्लिप भी उपलब्ध कराई जायेगी

इन चुनावों में तिरेसठ लाख अड़सठ हजार मतदाता वोट देंगे

विधानसभा चुनाव की तुलना में उपच्चनाव में मतदाताओं की संख्या करीब तीन लाख बढ़ गई है

सामान्य मतदाताओं के लिए भी मतदान केन्द्रों पर छह फुट की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे वहीं मास्क लगाना अनिवार्य होगा चुनाव आयोग की ओर से भी मतदाताओं को मास्क दिये जायेंगे सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी

श्री चौहान ने प्रदेश में अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी

उधर रतलाम जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे होम आइसोलेट किये गये मरीजों के वीड़ियों काल के जरिए बात करेंगे

इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजन को माँगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध कराना होगा

इससे पहले दिल्लीर कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था

मौसम केन्द्र के अनुसार नमी कम होने और हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाने के कारण सुबह हल्की सर्दी पड़ने लगी है भोपाल में रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है हवाओं के रुख में आये बदलाव से अब जल्दी ही प्रदेश से मानसुन की विदाई भी होने लगेगी अभी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से मानसून लौटने लगा है मौसम केंद्र के अनुसार अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में राज्य से मानसून जाने लगेगा और सर्दी बढ़ने लगेगी

जिसके तहत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है